वे कल पालमपुर में कांगड़ा रोटरी क्लब के तत्वाधान में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पालमपुर शहर ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजनीतिक व पर्यटन की दृष्टि से राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है इसलिए सरकार ने शहर के लोगों की मांग पर इस शहर को नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे टीकाकरण केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें

इसके तहत लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है इसी कड़ी में कल सोलन में परिवहन विभाग द्वारा चालकों सहित अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा की बारीकियों से अवगत करवाया गया एआरटीओ नरेश वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम का उददेश्य लोगों में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता लाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है मौसम प्रदेश में हाल ही में हुए भारी हिमपात के बाद प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं

हालांकि इन मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है इस हिमपात के बाद कई स्थानों पर बाधित हई विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में तेजी लाई गई है इस बीच राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज दिन की शुरूआत धूप के साथ हुई है हालांकि कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं लाहौल स्पिति किन्नौर चम्बा कुल्लू और शिमला ज़िले के कई क्षेत्रों में तापमान शुन्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी हैं मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे निजी स्कूल बजट सत्र में होगा एक्ट संशोधित पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखा है पार्टी चिन्ह पर हो सकते हैं नगर निगम चुनाव हिमाचल दस्तक का शीर्षक है संभव हुआ तो पार्टी सिंबल पर करवाएंगे नगर निगम चुनाव आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल सरकार गददी समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध

दैनिक भास्कर ने लिखा है वित्तायोग से पहली किश्त लेने को करवाना होगा बजट का ऑडिट

बिलासपुर के शहीद संजीव कुमार को मरणोपरांत मिलेगा कीर्ति चक अमर उजाला की एक खबर है